बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की द्री अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल अंतराल को कम करने की दिश में सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को जारी रखना चाहिए उन्होंने कहा कि आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त करेन में सक्ष्म नहीं है श्री कोविंद ने कहा कि प्रभावशाली नवाचारों के माध्यम से डिजिटल पहंच को बरकरार ऐसे लोगों लोगों की संख्या को कम करने की जरूरत है वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करते हये श्री कोविंद ने कहा कि हाल के वर्षो मे डिजिटल आधारभूत संरचना को मजबूत किय जाने से ही यह संभव हआ है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सामाजिक सम्बधों आर्थिक गतिविधियों स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और जीवन के अन्य कई पहल्ओं के मामले मे द्रनिया को बदल दिया है राष्ट्रपति ने प्रसन्न्ता व्यकत की कि न्यायपालिका से लेकर टेलीमेडिसन तक बहत से क्षेत्रों ने वर्च्अल माध्यम को अपनाया है

उन्होंने कार्यक्रम की क्छ तस्वीरे भी सांझा की हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी से य्क्त प्रस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर बच्चे को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जा सके म्ख्यमंत्री पंचकूला में बनने वाले राज्यस्तरीय संग्रहालय के सम्बंध में चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जानकारी बच्चों तक पहंचाने के लिए हर स्कूल में ऐतिहासिक स्मारक कोना बनाने का कदम कारगर साबित होगा इस स्मारक कोने में जहां राज्य के गौरवशाली इतिहास का विवरण अंकित होगा वहीं ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी भी होगी

सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति के माध्यम से बनने वाले संग्रहालय भवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को पर्याप्त स्विधाएं दिए जाने के प्रबंध होने चाहिए

यह कार्यक्रम आज और कल रात साढ़े नौ बजे से दस बजे तक एफ एम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जायेगा इसके अलावा यह कार्यक्रम आकाशवाणी के यू टयूब चैनल टवीटर और फेसब्क पेज़ पर भी उपलबध रहेगा

आज हिसार झज्जर पलवल रोहतक यम्नानगर और क्रूक्षेत्र में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है आज हरियाणा के तीन नगर निगामें पंचकूला अम्बाला और सोनीपत के च्नाव के परिणाम घोषित कर दिये गये है पंचकूला में महापौर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कलभूष्ण गोयल अम्बाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत नगर निगम मे कांग्रेस के निखिल मदान विजयी रहे

हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस इन च्नावों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पायी दोनो पार्टियों के मेयर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है वहीं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के दो और कांग्रेस के तीन पार्षदों ने जीत हासिल की है

हरियाणा प्लिस विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित कर रही है प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि यह केंद्र साइबर जांच में प्लिस की क्षमता बढ़ाने और ऐसे खतरे को रोकने के लिए एक केन्द्रीय बिंदु के रूप में कार्य करेगा